सीमा शुल्क कमी प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की अपील का पालन करते हुये पेट्रोल डीजल पर वैट की दरो में ढ़ाई रूपये की कटौती कर दी है नई दरें आज से लागू हो गई है गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल के सीमा शुल्क में डेढ़ रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी इसके अलावा तेल कंपनियां ने भी एक रुपये प्रति लीटर दाम कम कर दिये जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब प्रति लीटर पांच रुपये की राहत मिल गई है

वहीं कम आय वाले पुजारियों को संबल योजना का लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर ब्राहमण समाज और पुजारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के बाद इस संबंध में निर्देश दिये इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मंदिरों के पास दस एकड़ कृषि भूमि है उसमें पुजारी स्वयं कृषि कार्य कर इससे प्राप्त होने वाली आय से अपना गुजारा कर सकेंगे वहीं मंदिरों की दस एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि की नीलामी पुजारी स्वयं कलेक्टर के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कर सकेंगे मंदिरों के पुजारियों को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का लाभ दिया जायेगा आवासहीन पुजारियों को उनके गांव या नगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान उपलब्ध कराने में सहायता दी जायेगी मतदाता जागरूकता प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं होशंगाबाद में मतदाता जागरूकता के लिये नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मतदाता सेल्फी ब्रथ स्थापित किये जा रहे हैं छतरपुर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

इस दौरान जो लोग अपनी डीपी चुनाव से संबंधित बनायेंगे उन्हें चयन के बाद पुरस्कृत किया जायेगा आजीविका मिशन केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रुरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिलने से जीवनस्तर ऊंचा उठा है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

तीन प्रशिक्षकों को विश्वामित्र अवार्ड दिया गया वहीं बैडमिंटन में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए धार के सुधीर वर्मा को इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेन्ट सम्मान दिया गया इस मौके पर श्रीमती सिंधिया ने कहा कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित होता है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान बनी है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन के लिये अत्याध्रनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें उपलब्ध करवाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं वहीं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ओलम्पिक विजेता पद्यश्री सुशील कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में खेलों के लिये जो सुविधायें दी जा रही है उनका लाभ खिलाड़ियों को उठाना चाहिये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरुप मिलने वाले अवार्ड ही उनका मनोबल बढ़ाते हैं

झाबुआ के भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहर सेठिया ने आज बताया कि श्री शाह यहां आयोजित जनजातीय सम्मेलन में भाग लेंगे इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सहित अनेक नेताओं के शामिल होने की संभावना है ट्रेवल मार्ट राजधानी भोपाल में कल पांच अक्टूबर से तीन दिवसीय मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जायेगा इसमें टूर एण्ड ट्रेवल एसोसिएशन होटल हॉस्पिटिलिटी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है यह जानकारी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं मध्यप्रदेश ट्ररिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरि रंजन राव की अध्यक्षता में संपन्न ट्रेवल मार्ट की तैयारियों संबंधी समीक्षा बैठक में दी गई बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट की औपचारिक शुरूआत छः अक्टूबर को अशोका लेक व्यू परिसर में होगी मौसम भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में आज दिनभर बादल छाये रहे और रूक रूककर बौछारें पड़ती रही

यह रीवा शहडोल और सागर संभागों के जिलों में सामान्य से अधिक रहे